झारखंड में अब तक एक हजार एक सौ बाईस कोरोना मरीज हुए स्वस्थ सक्रिय मामलों की कुल संख्या हुई सात सौ आठ राज्य में कोरोना संक्रमितों की मृत्युदर घट कर हुई शून्य दशमलव चार आठ प्रतिशत बाघमारा के भाजपा विधायक दुल्लू महतो को राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की कोर्ट से मिली अनुमति पुलिस कस्टडी में डालेंगे वोट भारत चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प में झारखंड के साहेबगंज और पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा के रहने वाले एक एक जवान भी शहीद हो गए हैं इनमें साहेबगंज के कंदन कमार ओझा और दुसरे जवान पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा के रहनेवाले गणेश हांसदा हैं शहीदों के गांव में लोगों की भीड़ जमा हो रही है कल दिन के तीन बजे कुंदन के शहीद होने की जानकारी घर वालों को सेना के सुबेदार की ओर से फोन कर दी गई इधर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि जवानों की शहादत पर उन्हें गर्व है उधर भारतीय सेना ने कहा है कि वह देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है एक वक्तव्य में सेना ने कहा कि भारतीय और चीनी सैनिक अभी गलवान क्षेत्र में अलग हट गए हैं यहीं सोमवार रात दोनों पक्षों में झड़प हुई थी इस झड़प में एक अधिकारी और दो सैनिक शहीद हो गए थे

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को पूरी स्थिति की जानकारी दी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और चीनी सैनिकों के बीच वास्वविक नियंत्रण रेखा पर हिंसक झड़प के बाद उमरे तनाव के बाद तीनों सेना प्रमुखों और जनरल विपिन रावत के साथ बैठक की उन्होंने मौजुदा स्थिति पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात की

एक दिन में हई जांच का ये सर्वाधिक आंकडा है

नए संक्रमित की पहचान तथा मरीजों के स्वस्थ होने के बाद राज्य में सक्रिय केसों की संख्या सात सौ आठ हो गई है इनमें ज्यादातर प्रवासी हैं जो हाल ही में विभिन्न राज्यों से लौटे हैं

इन सभी को कोविड वार्ड में भर्ती किया गया है वहीं रांची के रिम्स में दो संभावित मरीजों के संक्रमित होने की पृष्टि हई है रांची का ही एक अन्य व्यक्ति भी संक्रमित पाया गया है इधर रामगढ तथा पूर्वी सिंहभूम में दो दो तथा गढ़वा गुमला और लोहरदगा में भी एक एक नए मरीजों की पहचान हुई है नए संक्रमित की पहचान तथा मरीजों के स्वस्थ होने के बाद राज्य में सक्रिय केसों की संख्या सात सौ आठ हो गई है झारखंड में कोरोना संक्रमितों की मृत्युदर घटकर शून्य दषमलव चार आठ प्रतिषत हो गई है अबतक प्रदेश में एक हजार आठ सौ उनचालीस मरीजों की पहचान हुई है जिनमें एक हजार एक सौ बाईस स्वस्थ भी हुए हैं जबकि राज्यभर में कोरोना से कुल नौ मरीजों की अबतक मौत हुई है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

श्री महतो ने कल बेंदी आवेदन पत्र देकर मताधिकार के प्रयोग के लिए उन्हें रांची भेजने की गुहार लगाई थी कोर्ट ने बंदी आवेदन पर विचार करते हुए जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि श्री महतो को पुलिस कस्टडी में रांची भेजा जाए और वोटिंग के बाद वापस उन्हें जेल लाया जाए कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि वोटिंग विधायक का संवैधानिक अधिकार है इसलिए उन्हें सशर्त मताधिकार के प्रयोग का अधिकार दिया जाता है

आज एनडीए की होनेवाली बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओमप्रकाश माथुर और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह रांची पहुंच चुके हैं आज की बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में पीएन पुनिया शामिल होंगे इससे पहले कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आजसू प्रमुख सुदेश महतो से मुलाकात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल मुख्यमंत्रियों से वार्ता के क्रम में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई इसके बाद कल शाम ही बोकारो के उपायुक्त मुकेश कुमार ने कवच नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया जिसके माध्यम से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा उपायुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को कवच की आवश्यकता है कवच प्रोग्राम के तहत कई स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिसमें तकनीक की भी मदद ली जाएगी चतरा के दो दिवसीय दौरे के अंतिम दिन श्रम नियोजन और प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता कल देर शाम सदर प्रखंड के अकौना गांव पहुंचे और ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि लंबे समय तक ग्रीन जोन में रहने वाले चतरा के क्छ प्रखंडों में संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है लेकिन घबराने की नहीं बल्कि सावधानी से सरकारी निर्देषों का पालन करने की जरूरत है

जामताडा जिले में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी और मनरेगा के तहत संचालित योजनाएं जरूरतमंदों तथा मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ थावर चंद गेहलोत अब से थोड़ी देर बाद रांची स्थित दिव्यांगजन कौशल विकास पुनर्वास और सशक्तिकरण समेकित क्षेत्रीय केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे